स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश के तीन शहरों में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का डिजिटल शुभारंभ किया प्रदेश में फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की बारहवीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे किया जाएगा

उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इंक्यावनवें दीक्षांत समारोह में आज श्री मोदी कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व और तकनीक को काफी बदल दिया है और कोरोना के बाद भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन और नये स्टार्टअप में इतनी अधिक संभावना पहली बार पैदा हुई है श्री मोदी ने कहा कि अब युवा वर्ग को गुणवत्ता विस्तार की संभावना विश्वसनीयता और अनुकूलता का नया मंत्र अपनाना होगा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश के तीन शहरों में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का डिजिटल शुभारंभ किया इनमें रायगढ़ और जगदलपुर के दो दो तथा भाटापारा का एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल है स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बलौदाबाजार में छह नये स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की भी शुरूआत की इसके अलावा रायपुर के तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों भनपुरी राजातालाब और भाटागांव के हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन के बाद नई सुविधाओं की शुरूआत की गई इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नये स्वास्थ्य केन्द्रों से स्थानीय स्तर पर करीब सात लाख की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य केन्द्रों की कमियों और खामियों से विभाग को अवगत कराने का आग्रह भी किया ताकि उसमें सुधार किया जा सके वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर मलेरिया मुक्त बस्तर और हमर लैब सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र के सेलूद में मिनी स्टेडियम सहित अन्य गांवों में विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया सेलूद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी एक दिसंबर से शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री ने पाटन विकासखंड के ग्राम पतोरा के गौठान का भी निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने सभी गौठानों में शेड निर्माण की घोषणा के साथ ही बिहान बाजार के बुकलेट का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज श्री अरविन्दो योगा एंड नॉलेज फाउंडेशन की ओर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं और शिक्षकों को सम्मानित किया इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए बिना हम अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर सकते शिक्षक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में अध्यात्म के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अवसाद से बचने के लिए ध्यान योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है जंगल सफारी बाड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी और जू में वन्यप्राणियों के लिए निर्मित सात बाड़ों का ई लोकार्पण किया इनमें लोमड़ी सियार चैसिंगा काला हिरण कोटरी नीलगाय और लकड़बग्घा का बाड़ा शामिल हैं इसे मिलाकर जंगल सफारी में बाड़ों की संख्या बढ़कर अट्ठारह हो गई है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के साथ ही विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है विलक्षण जैव विविधता छत्तीसगढ़ की पहचान है इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए वन्यप्राणियों का संरक्षण जरूरी है उन्होंने बताया कि जंगल सफारी में वन्यप्राणियों को उनकी पसंद के अनुरूप वातावरण में रखने के लिए सैंतीस बाड़ों के निर्माण का लक्ष्य है इन बाड़ों से जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन में भी मदद मिलेगी फसल अवशेष प्रतिबंध राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खेतों में फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है खेतों में बचे फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेते हुए अधिकरण द्वारा यह आदेश जारी किया गया है आदेश में किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ में भी आवास और पर्यावरण विमाग ने फसल कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष को जलाना प्रतिबंधित कर दिया है अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत यह जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही इसमें छह माह की सजा का भी प्रावधान है अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग के मैदानी अमलों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को न जलाने इसका उपयोग पशु चारे के रूप में करने तथा कम्पोस्ट बनाने की समझाइश दी जा रही है इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही किसानों से धान के पैरा को गौठानों में दान करने की अपील भी की जा रही है

उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में टीके के भंडारण संधारण और वितरण की समुचित व्यवस्था है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान श्री सिंहदेव ने यह आग्रह किया उन्होंने बताया कि राज्य में अभी रोजाना बाईस से पच्चीस हजार सैंपलों की जांच हो रही है बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और उपायों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी कुछ महीने कोरोना संक्रमण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है सर्दी के मौसम और लगातार त्यौहारों के कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना है इसलिए सचेत रहते हुए कोविड अनुकूल व्यवहारों को गंभीरता से अपनाना जरूरी है आकांक्षी जिला समीक्षा नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के कोरबा सहित दस आकांक्षी जिलों में निर्धारित किए गए सूचकांकों पर केन्द्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक में सीईओ ने कोरोना संक्रमण के कारण आकांक्षी जिलों में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर चिंता जाहिर करते हुए इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए

पूर्व में जारी निर्देश में कुछ संशय की स्थिति थी जिसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है इसमें सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के संचालन की जानकारी देते हुए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है कोरोना समाचार जागरूकता जिला शिक्षा कार्यालय दुर्ग द्वारा कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन विषय पर वेबीनार के माध्यम से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया वेबीनार में मुख्य वक्ता के रूप में दुर्ग जिले में होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम की मेडिकल प्रभारी डॉक्टर रश्मि भूरे ने बताया कि ठंड के दिनों में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है

मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हमर ग्राम समा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में तैंतीस सैनिक स्कूलों में छठवीं और नवमीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीस अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की उन्नीस तारीख तक चलेगी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है वहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इकतीस जनवरी को आयोजित की जाएगी कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केन्द्र बदलने की सुविधा परीक्षार्थियों को दी गई है परीक्षार्थी सात से सोलह नवंबर तक सीटीईटी की वेबसाइट में ऑनलाइन संपर्क कर परीक्षा केन्द्र के नाम सुधारकर पुनः आवेदन कर सकते हैं भाजपा प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस कार्यशाला के दूसरे दिन आज सोशल मीडिया की बारीकियों की जानकारी दी गई इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में प्रखर नेतृत्व देखा है नंदकुमार पटेल जयंती कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वर्गीय नंदकुमार पटेल की जयंती कल आठ नवंबर को सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में मनाई जाएगी इस अवसर पर सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में स्वर्गीय पटेल को श्रद्वांजलि अर्पित करने के साथ ही प्रार्थना सभाएं और स्वर्गीय पटेल के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा हज आवेदन हज दो हजार इक्कीस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है ऑनलाइन हज आवेदन केंद्रीय हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन की अंतिम तिथि दस दिसंबर निर्धारित की गई है इच्छुक आवेदकों द्वारा केंद्रीय हज कमेटी के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है हज यात्रियों की पहली उड़ान छब्बीस जून दो हजार इक्कीस से शुरू होगी वहीं हाजियों की स्वदेश वापसी तीस जुलाई दो हजार इक्कीस से होगी

मरवाही विधानसभा उपचुनाव की मतगणना दस नवंबर को होगी इसके पहले मतगणना के दौरान सतर्कता संबंधी प्रशिक्षण आज मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारियों को दिया गया किसान आंदोलन के चलते आठ नवंबर को अमृतसर से छूटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन मेरठ सिटी और अमृतसर के बीच रद्द रहेगी भारत स्काउट्स और गाइड्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए रायपुर जिले के माना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में सर्व धर्म प्रार्थना सभा और कोरोना के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर आठ नवंबर कर दिया गया है बलरामपुर रामानुजगंज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छठ पूजा का आयोजन घरों में ही किया जाएगा इस दौरान आमजन किसी भी नदी तालाब पोखर आदि में अर्घ्य देने नहीं जाएंगे मुंगेली पुलिस ने दो महिलाओं की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है महासमुंद पुलिस ने पिथौरा थाना क्षेत्र में डकैती का प्रयास करने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक नग पिस्टल दो जिंदा कारतूस और नकली रिवाल्वर जब्त किए गए हैं

समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले निःशक्तजन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए रायपुर जिला कलेक्टर ने उत्कृष्ट प्रविष्टियां सत्रह नवंबर तक आमंत्रित की है कोंडागांव जिले के संबलपुर गांव के पास नारंगी नदी में नहाते समय तीन युवक ड्ब गए इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो अन्य युवकों की तलाश जारी है दुर्ग जिले में ट्रांसपोर्ट नगर खुर्सीपार के पास कार की टक्कर से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने चार दुकानों में छापामार कार्रवाई कर मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए जांच में मिठाइयों की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने पचास किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत लगभग पांच लाख रूपये बताई गई है राजनांदगांव जिले में पुलिस ने शराब की अवैध बिक्री के मामले में कार्रवाई करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर और नैला की तीन दुकानों में प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों रूपये का फटाखा जब्त किया है